संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया सुश्री महाजन ने कहा कि बहस की तारीख और समय के बारे में दस दिन में फैसला कर लिया जाएगा

इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही तेलुगुदेशम पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्या तख्तियां हाथों में लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए प्रश्नकाल से पहले चार नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की हाल के उप चुनावों में वे लोकसभा के लिए चुने गए थे ये सदस्य हैं महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया से मधुकर राव कुकाड़े महाराष्ट्र में ही पालघर से राजेन्द्र गावित नगालैंड से थोकेहो और उत्तर प्रदेश के कैराना से तबस्सुम बेगम

संसद का मॉनसून सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया और यह दस अगस्त तक चलेगा

सरकार तीन तलाक विधेयक पारित कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी सरकार लोकसभा में इस विधेयक को पारित कर चुकी है और ये राज्यसभा में विचाराधीन है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है संसद के बाहर आज श्री मोदी ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की आशा है और अधिवेशन ठीक ढंग से चलना चाहिए वर्षा सत्र में देश हित के कई महत्वपूर्ण मसले जिसका निर्णय होना जरूरी हैं चर्चा होना जरूरी हैं और जितनी व्यापक चर्चा होगी सभी वरिष्ठ अनुभवी लोगों का सदन को मार्गदर्शन मिलेगा उतना देश को भी लाभ होगा सरकार को भी अपने निर्णय प्रक्रिया में अच्छे सुझावों से फायदा होगा मैं आशा करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सदन के समय का सर्वाधिक उपयोग देश के महत्वपूर्ण कामों को आगे बढाने में करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा की वजह से देश के कुछ भागों में गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं जबकि कुछ अन्य भागों में कम वर्षा हुई है इस पर बहस होनी चाहिए

हमारी सरकार ने एससीएसटी ऐक्ट में किसी भी प्रकार का डाइलूशन न होने पाए और इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हमारी सरकार ने किया है केवल ऐक्ट में हो एमेनमेंट नहीं किया है बल्कि रूल्स में भी हमारी सरकार ने एमेनमेंट किया है

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए उन गांव के लोगों से बातचीत करेंगे जिनमें पिछले चार वर्ष के दौरान बिजली पहुंचाई गई है

इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए शामिल हुआ जा सकता है और डीडी न्यूज पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है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

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हास्टलों की दशा एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्थलीय जांच रिपोर्ट मांगी है न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की निगरानी में उप जिलाधिकारी दस दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट पेश करे और प्रमुख सचिव शिक्षा सात अगस्त को न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दे यह आदेश एटा जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डेन आरती यादव की याचिका पर कल न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है याचिका में गर्ल्स हास्टलों में भारी अनियमितताएं और सुविधाओं का अभाव बताया गया है न्यायालय ने जानना चाहा है कि अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध को बिना किसी वैचारिक पृष्टभूमि के करार दिया है महोबा में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिना वैचारिक धरातल के कांग्रेस के इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सफल नहीं हो सकेगा बुन्देलखंड प्रथक राज्य बनाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में हमेशा से रही है किसानों द्वारा कथित आत्महत्या के बारे में पूछे जाने पर सुश्री उमा भारती ने कहा कि शासन और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए उन्होंने पॉलीथिन पर रोक संबंधी राज्य सरकार के आदेश को जल्दी में उठाया गया कदम बताया है उन्होंने कहा है कि पॉलीथिन का विकल्प सुझाने के बाद ही इस तरह का प्रतिबंध उचित होगा गौतमबूद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दो बहमंजिली इमारतों के धराशायी हो जाने की घटना में अब तक चार शव बरामद किये गये हैं बचाव और राहत कार्यो में जुटे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंड पीकेश्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया है कि बचाव और राहत कार्य कम से कम प्री रात जारी रहेगा उन्होंने बताया है कि जो चार शव मलबे से निकाले गये हैं वे सभी पुरूषों के हैं उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की चार टीमें बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें जमीन के मालिक और भवन निर्माता शामिल है जिलाधिकारी बीएमसिंह ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए जिले के अपर जिलाधिकारो कुमार विनीत को नामित किया है उन्होंने इस मामले में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भवन निर्माण में उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता और अवैध निर्माण को रोकने में बरती गई लापरवाही सहित सभी पक्षों को जांच के लिए कहा है उनसे पन्द्रह दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है ज्ञात हो कि ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में कल देर शाम निर्माणाधीन एक छह मंजिला मकान धराशायी हो गया था इस घटना में पास में निर्मित एक बहुमंजिला भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की विस्तत जांच और प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुंचाने को निर्देश दिये हैं अगले वर्ष इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेला के कार्यो की सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मेला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुंभ मेले के पवित्र कार्यो पर अनर्गल टिप्पणी करने और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने की साजिश के आरोप में प्रशासन ने दारागंज थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया है गौरतलब है कि अगले वर्ष कुंभ दो हजार उन्नीस के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है यहां आने वाले करोड़ों की संख्या में देशी और विदेशी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए आधारभूत संरचनाओं सहित विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं वायू सेना स्टेशन परिक्षेत्रों में उड़ान के दौरान पश्र पक्षियों के कारण होने वाली द्र्घटनाओं के बारे में जागरूकता और उन्हें रोकने के उपायों के संबंध में वायु सेना स्टेशन बरेली में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया सेमिनार में इस बात पर चर्चा की गई कि पशु पक्षियों के कारण होने वाले टकराव और जान माल की क्षति की संभावना को किस प्रकार टाला जा सकता है कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य वायू कमान के एयर आफीसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा ने की कार्यक्रम के दौरान इस बारे में जागरूकता हेतु प्रचार सामग्री का वितरण और स्कूलों में एयरों स्पेस सुरक्षा पर पेंटिंग और लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई पानी की खाली बोतलों के पुनः उपयोग से रोकने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में बोतलों को नष्ट करने वाली चौदह मशीनें बॉटल क्रशर लगायेगा इसी श्रृंखला में आज उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर दो बोतल क्रशर मशीने लगाई गई इन मशीनों के लग जाने से बकार प्लास्टिक को बोतलों को रिसाइकिल करके प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा वहीं इन बोतलों के दोबारा उपयोग पर भी रोक लगाई जा सकेगी इसके साथ साथ बोतलों के नालियों में फेके जाने से उनके जाम होने की समस्या से भी निजात मिलेगी